प्रदेश में अब हिंसा प्रभावित मामलों में महिलाओं की पहचान गोपनीय रखना हुआ अनिवार्य यूपीएससी ने शुरू किया सिविल सेवा परीक्षा के शेष बचे उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट

श्री मोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है

वे अपने विचार नमो एप या वेबसाइट माई जीओवी डॉट इन पर भी भेज सकते हैं

महिला न्याय प्रदेश में अब हिंसा प्रभावित प्रकरणों में महिलाओं के नाम पहचान और अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पास्को अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिला का किसी भी हिंसा प्रभावित के नाम या उनसे संबंधित कोई अन्य तथ्य जिससे महिला की पहचान उजागर होना संभावित हो को मीडिया और सोशल मीडिया जैसे किसी भी माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा निर्णय के मद्देनजर अब वन स्टॉप सेंटर के परिसर में किसी भी पीड़िता की तस्वीर अथवा वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होगी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आज नई दिल्ली िमें संवाददाताओं को बताया कि इस वैक्सीन का मानव परीक्षण दो चरणों में लगभग तीन महीने में पूरा हो जाएगाएम्स ने स्वदेशी रूप से विकसित कोवाक्सिन का आज मानव परीक्षण शुरू किया शुरूआत में यह एक सौ लोगों को दी जाएगी उन्होंने बताया कि स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उन्होंने बताया कि एम्स को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और बहुत सारे लोगों ने मानव परीक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कराया है डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन को जारी करने से पहले बहुत सारे परीक्षण किए जाएंगे उन्होंने कहा कि परीक्षण प्रक्रिया में बारह से पैंसठ वर्ष के स्वस्थ व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा

वीडियो कांफ्रेंस के जरिये होने वाले इस कार्यक्रम को ई आईसीयू नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरो के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देशभर के अस्पतालों और कोविड केन्द्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं

यूपीएससी ने सूचित किया है कि पीटी के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को देश में रेल सेवाओं की कमी के मद्देनज़र केवल एक बार हवाई यात्रा का आने जाने का किराया दिया जाएगा संघ ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पीटी के लिए ई सम्मन पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें भाग लेने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों से आने जाने की अनुमति दें आयोग उम्मीदवारों के रहने और आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था में मदद करेगा कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना की जांच में वृद्धि होने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है

जबकि दो मरीजों की मृत्यु हो गयी है

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जुलाई अंत तक या अगस्त की शुरुआत तक संक्रमण चरम पर पहुँच सकता है इंदौर राजस्व के संभागीय आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने कहा कि हमें पहले से इस बात का अंदाजा था कि अनलॉकिंग प्रक्रिया के साथ ही संक्रमण का विस्तार हो सकता है हम प्रसार का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि पाजीटिव मरीजों की जल्दी पहचान के परिणाम स्वरूप मृत्यू संख्या में गिरावट आई है

कोरोना ब्रांड एम्बेसडर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोविड से जंग जीतकर घर लौट रहे मरीज दूसरे के लिये ब्रांड एम्बेसडर बनकर लोगों की प्रेरणा स्त्रोत बनें

उन्होंने कहा कि वे लोगों को संयम और अनुशासन में रहने की सीख दें और बताएं की कोरोना से डरना नहीं उसे हराना है उन्होंने कहा कि कोविड से जंग जीतने में डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों का सहयोग रहा है सरकार कोविड को हराने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा सिद्ध हो सकती है

सावन के सोमवार और अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर प्रदेशभर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की

मौसम पिछले कई दिनों से उमस भरी गरमी का सामना कर रहे राजधानी के लोगों को आज झमाझम बारिश से राहत मिली दिनभर से छाये बादल दोपहर बाद भोपाल और आसपास के इलाकों में जमकर बरसे

वहीं प्रदेश के अन्य भागों में भी कहीं कहीं ब्रंदाबांदी होने की संभावना है

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक संयुक्त पत्रकारवार्ता में आज कहा कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विधेयक लागू करने के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुनिश्चित कराए

इसके तहत पर्यावरण की देखभाल करने और भोजन की कम खपत सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई

सागर जिला कलेक्टर द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई की है